सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई पूर्व प्रधामनंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती शिमला के रिज मैदान पर मुख्यमंत्री ने किया वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया क्रिसमस का पर्व

प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कृषि के क्षेत्र में हाल के सुधारों से सरकार ने किसानों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराए हैं नई दिल्ली में आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देशभर के किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग अफवाहें व भ्रामक बातें फैला रहे हैं कि अगर किसानों ने अनुबंध पर खेती की तो उनकी जमीन छीन ली जाएगी प्रधानमंत्री ने कहा सरकार ने कृषि लागत कम करने के उद्देश्य से कई कदम उठाए हैं उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करके सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से डेढ़ गुना अधिक दाम दिलाया है इस अवसर पर केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन छोड़कर बातचीत के लिए आगे आने की अपील की

यह दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सदैव अटल समाधि स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज संसद के केन्द्रीय कक्ष में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर श्रद्वासुमन अर्पित किए प्रतिमा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी रिज मैदान जाकर वाजपेयी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की

उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी हम सभी के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे भाजपा सुशासन इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई इस अवसर पर प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित कर अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित की गई भाषा कला व संस्कृति विभाग द्वारा शिमला के गेयटी थियेटर में अटल स्मृति समारोह का आयोजन किया गया इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक ख्याति प्राप्त दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने नेतृत्व के उच्चतम मूल्य स्थापित किए और उनके योगदान को देश हमेशा याद रखेगा जयराम ठाकुर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के दृढ़ संकल्प के फलस्वरूप ही भारत परमाणु शक्ति बन सका उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी का हिमाचल के प्रति विशेष स्नेह था और हिमाचलवासी उन्हें हमेशा याद रखेंगे

शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री गोबिन्द ठाक्र तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकण्डा और सांसद सुरेश कश्यप भी मौके पर मौजूद रहे श्रद्वांजलि उधर प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में भी सुशासन दिवस मनाया गया जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने की उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी ने अपने असाधारण सार्वजनिक जीवन के दौरान कई ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए उल्लेखनीय व्यक्तित्व और अमूल्य योगदान की छाप छोड़ी है राज्यपाल ने कहा कि अटल जी नैतिकता संवेदनशीलता और पारदर्शिता पर आधारित सुशासन के पक्षधर थे इस अवसर पर कुलपति प्रोफैसर सिकंदर कुमार ने भी अपने विचार रखे किसमस किसमस का पर्व आज प्रदेशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गिरिजाघरों में सुबह से ही विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई और लोगों ने एक दूसरे को किसमस की शुभकामनाएं दीं ये दिन प्रभु ईसामसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिमला के काईस्ट चर्च में जाकर प्रार्थना सभा में भाग लिया उन्होंने कहा कि किसमस का त्यौहार दुनियाभर में मनाया जाता है और प्रभू ईसामसीह ने दुनिया को शांति व प्रेम का संदेश दिया था मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी प्रदेशवासियों विशेषकर ईसाई समुदाय के लोगों को किसमस की बधाई दी है

शिमला स्थित भाजपा मुख्यालय दीपकमल में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने वाजपेयी जी को पुष्पांजलि अर्पित की उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक महान व दूरदर्शी राजनीतिज्ञ और कवि थे जिन्होंने दुनियाभर में भारत को एक नई पहचान दिलाई सुरेश कश्यप ने कहा कि वाजपेयी जी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते थे और प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए

मालवीय आज शिक्षाविद् और स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदनमोहन मालवीय की जयंती भी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय को संसद के केन्द्रीय कक्ष में श्रद्धाजंलि अर्पित की

शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सरकार ने इस दौरान जश्न मनाने लायक कोई काम नहीं किया है विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने भी पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और आरोप लगाया कि सरकार लोगों की आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरी है